राज्य मंत्रिपरिषद की आज लखनऊ में सम्पन्न बैठक में नौ महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इलाहाबाद मंडल का नाम प्रयागराज मंडल और फैजाबाद जिला एवं मंडल का नाम क्रमशः अयोध्या जिला एवं मंडल करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार ने मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार सात सौ रूपये निर्धारित किया है

सरकार ने एक लाख मीट्रिक टन मक्का की खरीद का लक्ष्य भी रखा है कैबिनेट ने वित्तविहीन अशासकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है पुरस्कार के लिए प्रदेश के अट्ठारह मंडलों से एक एक शिक्षक को उनके कार्य अनुभव और उत्कृष्ट सेवा के आधार पर चुना जायेगा सरकार ने पुरस्कार के लिए शिक्षकों के लिए कम से कम पन्द्रह वर्ष की नियमित सेवा और विद्यालय के प्राचार्यो के लिए कम से कम बीस वर्ष के कार्य अनुभव की अर्हता रखी है

मंत्रिपरिषद न जिन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी है उनमें चिकित्सा विश्वविद्यालय सेवा नियमावली में संशोधन करते हुए लेक्चरर के पद को अस्सिटेंट प्रोफेसर करने मध्य प्रदेश गुजरात और राजस्थान की तर्ज पर प्रदेश में भी नये मेडिकल कॉलेज सोसायटी मोड में संचालित करने तथा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए एक सा तीस भवनों को अधिग्रहीत करने के प्रस्ताव शामिल हैं मंत्रिपरिषद ने वाराणसी में आध्यात्मिक सत्संग व शोभा यात्रा के दौरान हुए हादसे की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित कर दिया है यह घटना अक्टूबर सोलह में हुई थी जिसमें पच्चीस लोगों की मौत हो गई थी दिवंगत केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनन्त कुमार का आज बेंगलूरू में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया दिवंगत नेता की अन्त्येष्टि में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी गृहमंत्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सहित कई केन्द्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे उनसठ वर्षीय श्री अंनत कुमार का कल सुबह निधन हो गया था

मंत्रिमंडल ने उनके निधन पर गहरा दःख व्यक्त किया एक प्रस्ताव में मंत्रिमंडल ने कहा कि देश ने एक अनुभवी नेता खो दिया है उनके सम्मान में दो मिनट का मौन रखा गया अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में श्री अनत कुमार ने केन्द्र सरकार में कई विभागों के मंत्री के रूप में काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वे सबसे यूवा मंत्री थे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने केशव प्रसाद मौर्य ने चित्रकूट बलरामपुर बहराइच श्रावस्ती सोनभद्र चन्दौली सिद्धार्थनगर और फतेहपुर ज़िलों में सड़क निर्माण के लिए विस्तृत कार्ययोजना प्राथमिकता के आधार पर बनाने का निर्देश दिया है श्री मौर्य आज लखनऊ में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि सड़क के मामले में यह जनपद पिछड़े हुए हैं इसे ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए ताकि इन आठों ज़िलों को मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जा सके

उन्होंने कहा कि ओवर लोडिंग की वजह से सड़के खराब हो रही है आवर लोडिंग रोकने के लिए जरूरी एहतियाती उपाय किये जाने चाहिए सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिवटर से प्रवर्तन एजेंसियों की अपेक्षाओं के अनुरूप आपत्तिजनक सामग्री तुरंत हटाने के लिए चौबीस घंटे सक्रिय तंत्र सुनिश्चित करने को कहा है गृह सचिव राजीव गौबा ने ऐसी सामग्री के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए कल नई दिल्ली में टिवटर अधिकारियों के साथ बैठक की उन्हें इस दिशा में तुरंत कार्रवाई करने और भारत में ऐसे शिकायत अधिकारी नियुक्त करने की भी सलाह दी जो दिन रात उपलब्ध रहें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

उच्चतम न्यायालय ने रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में जल्द सनवाई करने से इंकार कर दिया है मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की खंडपीठ ने कल अखिल भारतीय हिन्दू महासभा की तरफ से दाखिल एक याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि यह मामला जनवरी में उचित खंडपीठ द्वारा सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा चका है सूर्योपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ आज तीसरे दिन प्रदेश भर में धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है खासतौर से राज्य के पूर्वी जिलों में इस पर्व का विशेष महत्व है चारों तरफ छठ के पारम्परिक गीतों की छटा बिखरी हुई है व्रती महिलाओं ने श्रद्धा भाव से ड्रबते सूर्य को अर्घ्य देकर परिवार की सुख समृद्धि के लिए वरदान मांगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को छठ पर्व की श्भकामनाएं दी हैं श्री योगी ने अपने संदेश में कहा है कि यह पर्व प्रकृति के साथ मानव के जुड़ाव का संदेश देता है इससे सामाजिक समरसता और सौहार्द में बढ़ोत्तरी होती है बिहार की सीमा से सटे पूर्वांचल के कई जिलों में छठ पर्व श्रद्धा भाव और परम्परागत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कुशीनगर से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट आदि देव भगवान सूर्य की आराधना का महापर्व छठ प्रकृति की आराधना का भी त्योहार है छठ पूजा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कृषक सभ्यता का महापर्व है परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए सूर्योपासना को समर्पित यह पर्व अब केवल प्र्वोत्तर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मनाया जाने लगा है कुशीनगर जिले में सरोवरों तथा नदी किनारे बने छठ घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है जिले के तुर्कपट्टी स्थित प्राचीन सूर्य मन्दिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है छठ महापर्व के कल चौथे दिन व्रती महिलाएं उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घय देकर अपना व्रत सम्पन्न करेंगी कई स्वयं सेवी संगठनों ने छठ घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबन्ध किये हैं विवेक पाण्डेयआकाशवाणी समाचारकुशीनगर कल श्रद्वालु उगते हए सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर अपना व्रत सम्पन्न करेंगे

लक्ष्मण पहाड़ी में तीर्थ यात्रियों को ले जाने के लिए रोप वे का पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है एक रिपोर्ट धीरे ही सही लेकिन चित्रकूट लगातार बदल रहा है विकास की बयार लगातार चल रही है इसी ओर उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दर्जनों प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू किया गया है इनमें से यूपी का पहला रोपवे चित्रकूट में बनकर तैयार हुआ है हालांकि इसकी अभी शुरूआत नहीं हुई है लेकिन यह माना जा रहा है कि जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा सबसे प्रमुख बात ये है कि इस रोप वे का संचालन महिलाओं द्वारा ही किया जायेगा चित्रकूट के जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि एक घंटे में साढ़े चार सौ लोग यात्रा कर सकते हैं

रोपवे में मोनो केबल फिक्स्ड पकड़ पल्स गोंडोला सिस्टम लगा है गौरतलब है कि यूपी में फिलहाल ऐसे दो ही रोप वे बन रहे हैं दूसरा रोप वे विध्यांचल में बन रहा है अजय प्रताप सिंह आकाशवाणी समाचार चित्रकूट

आईआईए के अध्यक्ष सुनील वैश्य ने बताया कि प्रदर्शनी में सरकार के सभी रक्षा उत्पादों को रखा जायेगा ताकि उद्यमियों को इन उत्पादों को बनाने की प्रेरणा मिले श्री वैश्य ने बताया कि प्रदर्शनी के जरिये उद्यमियों को आपूर्ति के बेहतर आडर भी मिल सकते हैं इसका उद्घाटन कल प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना करेंगे समाप्त